श्री मोदी ने इस मौके पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के विभिन्न भागों के लोगों से संवाद भी किया इन लोगों में प्रदेश के भीलवाड़ा जिले की शक्करगढ ग्राम पंचायत से किशोर क्मार शर्मा भी शामिल थे उन्होंने प्रधानमंत्री को जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग बहत आवश्यक है उन्होंने कहा कि देश को जल संकट से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह देश की पहली परियोजना है गौरतलब है कि कैच द रेन अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जायेगा इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें

लोगों के सहयोग से गांव गांव में यह जन आंदोलन चलाया जायेगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व जल दिवस पर टवीट संदेश में कहा कि जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है

इंधर प्रदेश में जल दिवस पर लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं झूंझुनूं में आज जिला कलेक्टर ने स्काउट गाइड कर्मचारियों और आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जागरूकता रैली को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेशवासियों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है उन्होंने टवीट संदेश में कहा कि सभी कोविड प्रोटोकाल का सही तरह पालन करें अन्यथा सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे इधर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकमण पर काबू पाने के लिए आज से आठ शहरों में नाईट कर्फ्यू रहेगा

इसके अलावा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में बाजार रात दस बजे बंद करने होंगे

वहीं देश में अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है

कल सांस्कृतिक संध्या में जोधपुर के कलाकारों ने लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी

वहीं बीकानेर में चल रहे थियेटर फेस्टिवल में देशभर से आए नाट्य दलों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है

मौसम विभाग ने इन जगहों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है विभाग ने चेताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तपिश बादल बारिश मेघ गर्जन वज्रपात अंधड़ का माहौल बन सकता है यलो अलर्ट में भरतपुर अलवर जयपुर दौसा टोंक सवाई माधोपुर करौली गंगानगर अजमेर झालावाड़ भीलवाड़ा पाली सीकर झुंझनू हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर जिला शामिल हैं